प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात आठ बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है

ऐसे में आज राष्ट्र के नाम उनका संबोधन अहम होगा

भारत ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के मामले में राजनयिक रिश्ते कम करने सहित एकतरफा कार्रवाई करके पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि स्थिति खतरनाक है विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन बातों का हवाला दिया है उनमें कोई सच्चाई नहीं है पाकिस्तान की कार्रवाई पर खेद व्यक्त करते हुए मंत्रालय ने अनुरोध किया कि पाकिस्तान अपने फैसले पर फिर विचार करे ताकि राजनयिक संबंध बरकरार रहें विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सरकार और संसद के फैसले जम्मू कश्मीर को विकास के अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता पर आधारित हैं संविधान में अस्थायी प्रावधान के कारण राज्य का विकास नहीं हो पा रहा था अब इन उपायों से सामाजिक आर्थिक भेदभाव भी दूर हो सकेगा जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और राज्य के सभी लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर मिल सकेंगे मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की पहल को पाकिस्तान नकारात्मक ढंग से देखेगा क्योंकि वह सीमापार से आतंकवाद की अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए राज्य के लोगों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करता रहा है मंत्रालय ने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है और रहेगा खतरे की अफवाह के सहारे इस मामले में दखल देने से कुछ हासिल नहीं होगा स्लग हेल्पलाइन नंबर श्रीनगर के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने जानकारी दी है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले नागरिकों या विद्यार्थियों के लिए दो हैल्पलाइन नम्बर जारी किए हैं

जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग भी अपने सगे संबंधियों से इन नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं स्लग राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि बेटा बेटी के बीच असमानता को दूर करने में जागरूकता और शिक्षा का प्रभावी उपयोग करना चाहिए उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षा के सारे अवसर उपलब्ध करा कर हम उन्हें सही मायनों में मजबूत बना सकते हैं देहरादून में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार समारोह के दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने उन्हें हमेशा प्रभावित किया है उन्होंने कहा कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं सामाजिक राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक खेल कूद के साथ ही अंतरिक्ष और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में भी बेटियों ने बुलंदियों को छुआ है शिक्षा के साथ ही आर्थिक स्वावलंबन जुड़ा हुआ है शिक्षित महिलाओं के सामने रोजगार तथा स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं राज्यपाल ने महिलाओं का आह्वान किया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के विरूद्व आवाज उठाने में पीछे न हटे उन्होंने कहा कि ज्यादातर सामाजिक अपराधों के पीछे जागरूकता की कमी देखी जा सकती है जागरूकता के अभाव में महिलाओं के साथ होने वाले बहुत से अपराध सामने ही नहीं आ पाते उन्होंने कहा कि महिलाओं का साथ देने के लिये पुरुषों को भी जागरूक और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए इस अवसर पर राज्यपाल ने वीरांगना तीलू रौतेली की मूर्ति का अनावरण और कामकाजी महिला छात्रावास का उद्घाटन किया

इनमें साहसिक कार्य सामाजिक कार्य खेल कृषि पर्यावरण कला और संस्कृति आदि क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाली महिलाएं और किशोरियां शामिल हैं

देहरादून में हुई समीक्षा बैठक ने कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यां का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन किया जाएगा बैठक के दौरान उन्होंने विभागों द्वारा बजट खर्च न किये जाने पर नाराजगी जताई उन्होंने भविष्य में अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के प्रस्तावों से समाज कल्याण विभाग को भी अवगत कराने के निर्देश दिये

उन्होंने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल से आगे की कार्य योजना एक सप्ताह के अंदर तैयार करने के भी निर्देश दिए विद्यार्थियों को बाल्यावस्था से ही जल का महत्व बताते हुए जल संरक्षण के प्रति सचेत किया जाए जो जल संरक्षण के लिए भविष्य में सशक्त माध्यम साबित होगा उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को बच्चों को रोज प्रार्थना के दौरान जल संरक्षण से सम्बन्धित छोटे छोटे सुझाव देने की पहल करने के निर्देश दिये हैं ताकि बच्चे अभी से जल संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें

जिले की लाइफ लाइन कहे जाने वाले टनकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग के बाधित होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है

मैदानी क्षेत्रों से आने वाली दैनिक जरूरतों का सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है दुग्ध उत्पादकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है मार्ग खोलने का प्रयास लगातार जारी है लेकिन बार बार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है इस राष्ट्रीय राजमार्ग में जगह जगह डेंजर जोन बन गए हैं जिले में आने वाले यात्रियों को हल्द्वानी देवीधुरा मार्ग से आना पड़ रहा है एनएच के अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि सड़क खोलने के लिए पर्याप्त मशीनें मलबा हटाने के कार्य में लगी हैं अगर मौसम ठीक रहा तो आज देर शाम तक मार्ग खुलने की संभावना है स्लग आंचल अमृत योजना चमोली जिले में आंगनबाड़ी केंन्द्रों में बच्चों के सम्पूर्ण शारीरिक विकास और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ हो गया है

जिलाधिकारी ने डेयरी और बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरी जिम्मेदारी के साथ क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि बचपन में पौष्टिक आहार उपलब्ध हुआ तो बच्चे जीवन भर तंद्रूस्त रहेंगे बच्चों की सेहत के लिए संचालित इस योजना से बच्चों के शारीरिक विकास में मदद मिलेगी और वे कुपोषण का शिकार नहीं होंगे मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने शुद्ध पेयजल के साथ ही पाउडर को मिलाकर बच्चों को दूध को देने की बात कही उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से पाउडर की गुणवत्ता ठीक न हो तो इसको उपयोग में न लाए

डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आरसी पुरोहित ने बताया कि दो से तीन दिन तक चलने वाले कृमि दिवस में जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को ये गोली खिलाई जा रही है